उन्होंने कहा कि विभिन्न विकासात्मक कार्यो की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा जयराम ठाक्र ने कहा कि राज्य सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल संतोषजनक रहा है और सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं

बैठक में दोनों जिलों के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के अलावा जनहित से जुड़े मुद्दों पर सुझाव दिए

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह उपलब्ध रहेगा

कार्यक्रम के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा वृतचित्र राज्य सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित लघु वृतचित्र ईमानदार प्रयास का एक साल विकास का यू ट्यूब पर उपलब्ध है एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये वृतचित्र सूचना व जन संपर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया है जो पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को दर्शाता है

इस दौरान लोगों ने सरकार व प्रशासन से वन अधिकार अधिनियम को तुरंत लागू करने की मांग की

महेन्द्र सिंह प्रदेश सरकार हर विद्यार्थी को घर द्वार के समीप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने लिए प्रतिबध है सिंचाई व जनरवास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज नाचन विधानसभा क्षेत्र की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झुंगी के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही